मुख्यमंत्री ने कहा लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है

श्री चौहान ने कल भोपाल में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में रूकावट आती है उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए स्वतः स्फूर्त कोरोना कर्फ्यू सबसे कारगर उपाय है हालांकि शहरों में आवश्यकता अनुसार कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी जिलों में कोरोना के उपचार के लिए बिस्तर एवं ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की निरंतर आपूर्ति की जा रही है इंजेक्शन के लिए निजी अस्पतालों का कंपनी से टाईअप भी कराया जा रहा है रेमडेसिविर निर्यात रोक केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इन्जेक्शन और इसे बनाने में काम आने वाले औषधीय घटकों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड महामारी के मामलों में अचानक तेज बढोतरी दिखाई दी है इससे कोविड रोगियों के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग भी तेजी से बढी है मंत्रालय ने कहा कि औषधि विभाग रेमडेसिविर का उत्पादन बढाने के लिये सभी घरेलू निर्माताओं के साथ संपर्क में है गौरतलब है कि अमरीका की कंपनी गिलीड साइंसेज के साथ स्वैच्छिक लाइसेंस समझौते के तहत भारत में सात कंपनियां रेमडेसिविर इन्जेक्शन का उत्पादन करती हैं

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिये हैं निर्देशों के अनुसार मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू क्षेत्र में जिला संभाग स्तरीय कार्यालयों को पूरी तरह या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय ले सकेंगे जन आंदोलन उमरिया के विकास कुमार द्विवेदी ने कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आम जनता से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचने के लिये आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं वैक्सीन सुरक्षित है इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड टीकों की बरबादी नहीं होना चाहिये साथ ही पात्र व्यक्ति इसका टीका अवश्य लगवाए उन्होंने लोगों से कहा कि खास जरूरत के बिना घर से बाहर नहीं निकलें प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से सम्मालने की अपील की

मौसम में हुए बदलाव से जिले में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई

वहीं आज शाम साढ़े सात बजे मुम्बई में राजस्थान रायल का सामना पंजाब किंग्स से होगा